एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इन सभी के प्रयासों से आयष्मान भारत आज विश्व में सबसे बडा स्वास्थ देखभाल कार्यक्रम बन गया है उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या दो वर्ष से भी कम समय में एक करोड़ को पार कर गई है सचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आयुष्मान भारत योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बघाई दी है एक टवीट में श्री जावडेकर ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उन्नीस महीने के भीतर एक करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज हुआ उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों के लिए यह सबसे बडी और सफल स्वास्थ्य देखभाल योजना है

लखनऊ में आज लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हए उन्हॉने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समी प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए निश्ल्क ट्रेन और बसे चला रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्रदेश में आठ सौ अड़तीस श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां पहच चुकी हैं जिनसे चौदह लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक आए हैं उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में दो सौ छः ट्रेन और आएंगी इस प्रकार कल एक हजार चौवालीस रेलगाडियों की व्यवस्था की जा चुकी है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश परिवहन निगम की बारह हजार बसें प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने के लिए लगायी गयी हैं इसके अलावा सरकार ने प्रत्येक जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में दो सौ बसों की व्यवस्था की है मृख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह राज्य के सभी पचहत्तर जिलों को क्ल पंद्रह हजार बसें अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराई गई हैं रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेलवे एक जुन से हर रोज दो सौ गैर वातानुकलित रेलगाड़ियां चलाएगा उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग जल्द शुरू की जाएगी ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी उन्होंने कहा कि रेलवे श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या दोग्ना करने की योजना बना रहा है ताकि प्रवासी श्रमिकों को अधिक राहत दी जा सके रेलमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे श्रमिकों की सहायता करें और निकटतम रेलवे स्टेशन पर उनका पंजीकरण करके उनकी सूची रेलवे को प्रदान करें ताकि विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा सकें केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कत्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर उन्तालीस दशमलव छह दो प्रतिशत हो गई है अब तक बयालीस हजार दो सौ अट्टानबे रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीन हजार एक सौ चौबीस लोग ठीक हुए और पांच हजार छह सौ ग्यारह लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई देश में क्ल संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख छह हजार सात सौ पचास हो गई है इस महामारी से अब तक तीन हजार तीन सौ तीन लोगों की मौत हुई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक सौ चालीस लोगों की मौत हुई केन्द्र ने इस वर्ष मई से जुलाई महीने तक कर्मचारियों के मासिक वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान बारह की जगह दस प्रतिशत लेने की अधिसुचना जारी की है यह निर्णय कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य प्रावधान अधिनियम उन्नीस सौ बावन के तहत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में वृद्दावस्था चिकित्सा विभाग के डॉक्टर प्रसुन चटर्जी ने वरिष्ठ नागरिकों को घर में ही रहने की सलाह दी है क्योंकि कोविड नाइन्टीन संक्रमण से उन्हें ज्यादा खतरा है सीनियर सिटीजन को एक्सरसाइज करते रहना चाहिए वाकिंग हो चाहे रेजिस्टिंग ट्रेनिंग हो चाहे योगा हो ब्रिदिंग एक्सरसाइज हो और खुश रहना है आपको ये नहीं समझना है दिस टर्म इज नोट एक्वूअली सोशल डिस्टॅसिंग ये फिजिकल डिस्टॅसिंग है अननेसेसरी घर के बाहर मत जाइए क्योंकि आपका जो इम्युन सिस्टम है वो कम्पेरेटिवली यंग ऐज के मुताबिक वीक है कम कम खाइए बार बार खाइए फ्रेश फूड वेजिटेबल्स खाइए क्योंकि उससे आपका इम्युन सिस्टम इम्प्रूव होगी आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम संवाद में रेलवे पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा श्रोता विशेष रेलगाड़ियों के बारे में टोल फ्री नम्बर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक पांच सात छः सात पर फोन कर विशेषज्ञों से जानकारी ले सकते हैं टेलीफोन नम्बर शुन्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार पर भी जानकरी हासिल की जा सकती है हैशटैग आस्क ए आई आर का इस्तेमाल कर ट्वीटर हैण्डल एड द रेट ए आई आर न्यूज एलर्ट्स पर भी सवाल पोस्ट किये जा सकते हैं यह कार्यक्रम आज शाम सात बजकर दस मिनट पर एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में अब तक कोविड नाइन्टीन के कुल तीस मामले मिले हैं इनमें से ग्यारह लोग स्वस्थ हुए हैं जबकि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिले में सक्रिय मामलों की संख्या अट्ठारह है उधर संतकबीरनगर जिले में आज पांच और कोरोना पॉजिटिव मामले मिले जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर पैंतालीस हो गयी है पच्चीस लोग अब तक स्वस्थ हुये है और चार लोगों की मृत्यु हुयी है जिले में सक्रिय मामलों की संख्या सोलह है